मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में पर्यटन विकास परियोजनाओं के कार्य तय समय में पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए विभिन्न समारोहों में लोगों के एकत्र होने की सीमा तय करने संबंधी आदेश किए जारी

कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

इस बार ये कार्यक्रम कोविड महामारी की पाबंदियों के कारण वर्च्अल माध्यम से आयोजित होगा परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे और बिना तनाव लिए परीक्षाओं की तैयारी के सुझाव देंगे नरेन्द्र मोदी ने कहा कि परीक्षा योद्वाओं अभिभावकों और शिक्षकों के साथ नए प्रारूप में यादगार चर्चा होगी जिसमें व्यापक विषयों पर कई रोचक सवाल होंगे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पर्यटन परियोजनाओं के कार्य तय समय अवधि में पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं आज शिमला में प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सार्वजनिक निजी सहभागिता से शिमला जिले के चांशल में एक महत्वकांक्षी पर्यटन परियोजना को लेने जा रही है मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सभी प्रमुख हैलीपोर्ट परियोजना का कार्य निश्चित समय में पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि पर्यटकों को इनका लाभ जल्द मिल सके अनुराग ठाकुर आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये दिन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य और मानसिक स्वास्थ्य माँ और बच्चे की देखभाल तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस लोगों को अपने स्वास्थ्य की देखभाल और इसके लिए जागरूकता का संदेश देता है उन्होंने मौजूदा कोरोना महामारी जैसी आपदा के समय दिन रात लोगों की सेवा में लगे डॉक्टर और मैडिकल स्टॉफ की सेवाओं और त्याग के लिए उनका आभार जताया है

राजेन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने आज घुमारवी विधानसभा क्षेत्र के भराड़ी में जनसमस्याएं सुनीं उन्होंने विभागीय अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के समाधान करने के निर्देश दिए राजेन्द्र गर्ग ने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हैल्पलाईन एक एक शून्य शून्य शुरू की है और लोगों को इस सेवा का लाभ उठाना चाहिए उन्होंने कहा कि इस सेवा के माध्यम से अधिकांश लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है कंवर पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज कृटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र में गर्मियों में पेयजल समस्या का उचित समाधान करने के निर्देश दिए कंवर ने कोहडरा तुतडू पेयजल योजना का कार्य अगले महीने तक पूरा करने के भी अधिकारियों को आदेश दिए

इससे अस्पताल में मरीजों को सर्दियों में कड़ाके की ठण्ड से राहत मिलेगी मारकंडा ने कहा कि इस पॉयलेट प्रोजैक्ट के तहत जिले के सभी कार्यालयों को भी जोड़ा जाएगा उन्होंने कहा कि होमस्टे व होटलों में ऐसी ही सुविधा दी जाएगी ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके

इस महामारी के प्रबंधन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे

इसके लिए फेस मास्क सैनिटाईजर का उपयोग सामाजिक दूरी और थर्मल स्कैनिंग का प्रावधान करना अनिवार्य होगा

आदेशों के अनुसार सभी सुरक्षात्मक उपायों और अन्य मानक संचालन प्रणाली की अनुपालना के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे और किसी भी प्रकार की अवहेलना पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी संबंधित पुलिस अधीक्षकों और उपायुक्तों को इन आदेशों की अनुपालना के लिए कदम उठाने को कहा गया है

पहली बार नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाए जा रहे हैं

लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला

इन सभी मतों की इस समय मतगणना की जा रही है और देर रात तक चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे कोरोना प्रदेश प्रदेश में पिछले कई दिनों से कोरोना मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप राठौर ने राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताते हुए सरकार से ऐसे मामलों पर कड़ाई से काम करने की मांग की है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार की कानून व्यवस्था पर कोई पकड़ नहीं रह गई है और प्रदेश में आए दिन हत्या व चोरियों की वारदात होना आम बात हो गई है राठौर ने पड़ोसी राज्यों पंजाब हरियाणा उत्तराखण्ड व जम्मू कश्मीर से लगते जिलों की सीमाओं पर कड़ी चौकसी रखने की मांग की है उन्होंने कहा है कि हत्या व अन्य गम्भीर अपराधों के लिए त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में पर्यटन विकास परियोजनाओं के कार्य तय समय में पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए विभिन्न समारोहों में लोगों के एकत्र होने की सीमा तय करने संबंधी आदेश किए जारी और प्रदेश में चार नगर निगमों और नगर व ग्राम पंचायतों में चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न देर रात तक परिणाम आने की सम्भावना इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ

नमस्कार